भाजपा ने घोषणापत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सहित पार्टी के अन्य नेताओं की उपस्थिति में संकल्प पत्र जारी किया गया

पार्टी ने आतंकवाद और उग्रवाद को कतई बर्दाशत न करने आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बलो को सशक्त बनाने और पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध रूप से बसने पर रोक लगाने की प्रतिबद्धता दोहराई है मुख्यमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज जारी पार्टी के संकल्प पत्र की सराहना करते हुए इसे एक नए व विकसित भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता बताया है

इसके अलावा देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के अलावा ग्रामीण अधोसंरचना व ग्रामीण इलाकों के विकास का ज़िक भी संकल्प पत्र में किया गया है कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि भाजपा द्वारा आज जारी किए गए संकल्प पत्र में पुराना राग अलापा गया है

उन्होंने कहा कि आतंकवाद बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को दूर करने का वायदा भी भाजपा ने फिर दोहराया है जबकि जमीनी स्तर पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है कुलदीप राठौर ने बताया कि मंडी में कल कांग्रेस का जरनल हाऊस आयोजित किया जाएगा

संसदीय क्षेत्र के बंगाणा में अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन ऊना के अपर देहला में और हरोली के ललड़ी में महिला मोर्चा सम्मेलनों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही अनुराग ठाकुर ने कहा कि पार्टी के संकल्प पत्र में सभी वर्गो का पूरा ध्यान रखा गया है उन्होंने कहा कि पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व ने लोकसभा चुनावों के लिए राष्ट्र निर्माण का अपना विजन संकल्प पत्र के माध्यम से देश के सामने रखा है वीरभद्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भाजपा के संकल्प पत्र को जुमलों का पत्र करार दिया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि घोषणा पत्र में नया कुछ भी नहीं है और इसमें पुराने ही मुददे दिखाई दे रहे हैं वीरभद्र सिंह ने कहा कि इसमें न तो बेरोज़गारों के लिए कोई वायदा है और न ही किसानों के लिए

वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार का एक साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है और प्रदेश में सड़क स्वास्थ्य शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ है स्वीप प्रदेश में मतदाताओं को वोट के अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इसी कड़ी में ऊना के संतोषगढ़ में आईटीआई के विद्यार्थियों को स्वीप टीम के सदस्यों ने मतदान में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया

उधर किन्नौर जिला के रिकांगपिओ में लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली गई जिसे ज़िला निर्वाचन अधिकारी गोपाल चंद ने हरी झंडी दिखाई

एसडीएम अमर नेगी ने केलंग से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने बताया कि बस सेवा शुरू होने से आम लोगों और चुनाव डियूटी में लगे कर्मचारियों को सुविधा होगी इसके अलावा चुनाव पूर्वाभ्यास और स्वीप कार्यक्रमों में भी तेजी आएगी बस सेवा शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है